राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्री वाजपेयी की कर्मभ्रमि थी और राज्य के खी स्थानो से उसका गहरा लगाव था राज्य सरकार ने उन स्थानो की सूची जारी की है जहाँ अस्थि कलश लिये जाएंगे और प्रवाहित किये जाएंगे

उनकी मृत्यु की घोषणा करते हुए कोफी अन्नान फाउंडेशन ने कहा कि संक्षिप्त बीमारी के बाद उनकी मृत्यु हुई वे उन्नीस सौ सत्तानंवे से दो हजार छह तक दो कार्यकाल के लिए समयुक्त राष्ट्र महासचिव रहे इसके बाद उन्होंने सीरिया में संयुक्त राष्ट्र के विशेष द्रत के रुप में संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों में भूमिका निभाई दो हजार एक में उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोबेल शांति प्रस्कार विजेता और संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के निधन पर दुख व्यक्त किया है

राज्य में इनर लाइन परमिट के बिना अवैध रुप से रह रहे लोगो का पता लगाने के लिए यह ड्राइव शूरु किया गया है

क्षेत्र में ओपियम के सेवन के कारण बड रही आपराधिक मामलो और स्वास्थ्य समस्याओ के चलते यह प्रतिबंध लगाया गया है

सभी प्रस्तावित योजनाओ में अध्ययन के बाद जरुरत के अनुसार हल्के बदलाव किये गए है उन्होंने जिला नियोजन अधिकारियो से योजना की कोपी सभी सदस्यो को उपलब्ध कराने को कहा है

भारत के पाच सौ सत्तर से ज्यादा ेथलिक्स इन खेलो में भाग ले रहे है बैडमिंटन टैनिस निशानेबाजी तीरंदाजी भारत्तोलन के साथ साथ कबड़डी और हाँकी में भी भारतीय खिलाड़ियो से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है विश्व जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचने वाली हिमा दास पर भी सबकी निगाहे होंगी कुश्ती में विनेश फोगाट शुशील कुमार और बजरंग पुनिया देश के लिए स्वर्णिम सफलता हासित करना चाहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एशियान गेम दो हजार अठ्ठारह मे भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे दल को शुभकामनाए दी है प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट मे कहा है कि देश को भारतीय खिलाड़ियो पर गर्भ है और उम्मीद है कि सभी खेलो में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे

संघ के सदस्यो ने दापोरिजो स्थित कार्यकारी अभियंता कार्यालय का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया

आज का अधिकतम तापमान पैंतीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान पच्चीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया